प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली है कर अन्पालन में बढ़ोतरी है और इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा इन सब परिणामों से राष्ट्रीय प्रगति को बहत पहंचा है

श्री मोदी ने कहा था कि इस कदम से आम आदमी को भ्रष्टाचार कालेधन और नकली मुद्रा से लड़ने के लिए उसके हाथों को मजबूती मिलेगी

मुख्यमंत्री ने आज पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी

प्रातकालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना व्यायाम साधना प्राणायाम बहत लाभदायक रहे हैं उसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मन्ष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है

पंचकूला से जुड़े विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद ग्प्ता ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी अध्यापकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि योग के प्रचार प्रसार के लिए यह आयोजन बेहतर है हरियाणा सरकार के दवारा दीपावली पर पटाखों पर लगाये बैन में दो घंटे की रियायत दे दी गई है फतेहाबाद मे मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता के दौरान ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा दीपावली पर पटाखों पर पांबदी लगाया गया था लेकिन अब व्यापारियों की परेशानी को देखते हये दो घंटे की छूट दे दी गई है दीपावली पर अब दो घंटे आतिशबाज़ी की जा सकती है किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दवारा किसानों का बरगलाया जा रहा है कांग्रेस विधानसभा में इस बारे बहस करने से भाग रही है और किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को ग्मराह कर रही है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने आज होडल विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड दवारा एक करोड़ तेइस लाख चौरानवें हजार रूपये की लागत से गांव त्मसरा से शोलाका रेलवे स्टेशन के सम्पर्क सड़क के म्रम्मत कार्य का उदघाटन् किया

धान की खरीद पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलगांना उत्ताखंड तमिलनाडू चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल ग्जरात आंध्रपदेश में जारी है

याद रखें मास्क और दो गज की दूरी बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

हरियाणा राज्य हज कमेटी चण्डीगढ़ के कार्यकारी अधिकारी श्री सुभानद्वीन भट्टी कहा कि आवेदक आनलाईन आवेदन करने से पहले अखिल भारतीय हज कमेटी के दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक प ने के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा आरंभ करने के स्थल का चूनाव करें एक बार च्ने गये विकल्पों को बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हवाई किराये पर निर्भर होगी

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हड़डा ने सोनीपत के गूमड़ गांव में जहरीली शराब पीने से मरे लोगों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की इस दौरान भूपेंद्र सिंह हड्डा ने मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट करते हए सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित म्आवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है श्री हड्डा ने कहा कि मरने वालों में कुछ ऐसे लोग भी है जिनके परिवारजनों के पास अब आय का कोई साधन नहीं बचा ऐसे में उनकी मदद करना सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है हरियाणा में आज अहोई अष्टमी का पर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है महिलायें उपवास रखकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है महिलायें ये व्रत संतान की सुख समृद्धि व लंबी उम्र के लिए रखती है यम्नानगर में प्राचीन केदारनाथ मंदिर आदि बद्री प्राचीन गोरी शंकर मंदिर और देवी भवन मंदिर में सुबह से महिलायें पुजा अर्चना कर रही है रात को चन्द्रमा के अर्घ्य देकर महिलायें व्रत खोलेगी अम्बाला में महिलाओं मंदिरों में अहोई अष्टमी पर पूजा अर्चना कर रही है सिरसा जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों व विधवाओं की सुविधा के लिए डाकघरों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करवाने की सुविधा शुरू की है